वन माफिया के खिलाफ कड़ा कानून लाएगी प्रदेश सरकार

प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित आज व कल राज्य में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित कृषि अधोसंरचना निधि से किसानों और बागवानों की आर्थिकी समृद्ध होगी जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में इस निधि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है उन्होंने कहा कि इस निधि के तहत फसल प्रबंधन के लिए गांवों में आधुनिक कोल्ड स्टोर की सुविधा के साथ भंडारण और खाद्यान्न प्रसंस्करण की सुविधाएं सुजित होंगी उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की सहायता के लिए तैयार की गई है इस निधि से किसानों को उनके उत्पादों का अधिक मूल्य भी मिल पाएगा क्योंकि ये अपने उत्पादों को बेहतर दामों पर बेच सकेंगें इस योजना के कार्यान्वयन से बिचौलियों और कमीशन एजेंट की जरूरत भी खत्म हो जाएगी क्योंकि राशि सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी अनराग ठाकर इस बीच केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक लाख करोड़ रूपए का एग्रीफंड अन्नदाता की आय दोगुना करने में अहम भूमिका निभाएगा इस फंड से फसल प्रबंधन के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा

अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता है

राकेश पठानिया वन य खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही यन माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनाकर वन कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी राकेश पठानिया वन माफिया के हमले में घायल डिप्टी रेंजर सुनील कुमार से टांडा मैडिकल कॉलेज में मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने सुनील कुमार का हाल चाल जाना और डॉक्टरों को घायल डिप्टी रेंजर को यथासम्भव उपचार उपलब्ध करवाने को कहा वनमंत्री ने डिप्टी रेंजर पर हमले को वन माफिया की घटिया हरकत करार दिया और कहा कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला में एक सौ करोड़ रूपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सैंटर बनाया जाएगा इसकी सैद्वांतिक मंजूरी केन्द्र सरकार से मिल गई है और अब इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है किशन कपूर आज धर्मशाला में स्मार्ट सिटी एडवायजरी फोर्म की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए

रामस्वरूप शर्मा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनके सार्थक परिणाम आ रहे हैं आज जोगिन्दर नगर के कमेहड़ में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए रामस्वरूप शर्मा ने लोगों से आहवान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसका संरक्षण भी करें उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा आने वाला कल भी सुरक्षित हो पाएगा कुलपति राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज जारी आदेशों में प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा को चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति का कार्यभार सौंपा है

भाजपा प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राम सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता व्यवहारिकता से दूर है राम सिंह ने आज एक बयान में दावा किया कि प्रदेश की जयराम सरकार कोरोना से निपटने में पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा बेहतर कार्य कर रही है इसके बावजूद कांग्रेस नेता सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने में लगे हैं उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि ये चुनाव तय समय पर ही होंगे

हमारे मण्डी जिला संवाददाता मुनीष सूद के मुताबिक इस मरीज में कोरोना की पुष्टि मौत के बाद हुई है

सिरमौर जिला में आज जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है उनमें जंगलबेरी स्थित आईआरबी में कमांडेंट और एक डीएसपी भी शामिल है उधर सोलन जिला में कोरोना पॉजीटिव मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए उपायुक्त केसी चमन ने लोगों से अपील कि है कि वे इस महामारी से बचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करें चम्बा में कोरोना पॉजीटिव मामलों में अचानक हुई वृद्धि से खासकर चम्बा शहर के लोग सहमे हुए हैं वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने लोगों से इस महामारी से डरने के बजाए नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ये घरों में रहे और पौष्टिक आहार लें इधर कुल्लू की उपायुक्त रिचा वर्मा ने कहा है कि जिला प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं हैं

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि हिमाचल में ऐसे स्थानीय लोगों और कारोबारियों की बैंकों की किश्तें इस साल के अंत तक स्थगित कर दी जाएं जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश को ये राहत विशेष राज्य के दर्जे के तहत दी जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग पर्यटन कृषि य बागवानी के कार्यों से जुड़े हैं और इन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है कोरोना महामारी के चलते आई आर्थिक मंदी को देखते हुए इन लोगों को तुरंत राहत की जरूरत है राठौर ने प्रदेश सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप भी लगाय उन्होंने कहा कि लोग पहले की कोरोना की मार झेल रहे हैं और उस पर सरकार ने बिजली पानी तथा बस किराया बढ़ाकर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है

ऊना से हमारे जिला संवाददाता राजेश शर्मा के मुताबिक आज दोपहर हुई भारी वर्षा के चलते जिला मुख्यालय स्थित मिनी संचिवालय न्यायालय परिसर और आवासीय कॉलोनी सहित अनेक दुकानों और घरों में पानी भर गया जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है

इसके चलते राज्य के मैदानी व मध्यम उंचाई वाले इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के मैदानी तथा मध्यम उंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है इसे देखते हुए ऊना जिला प्रशासन ने लोगों को स्वां नदी के अलावा अन्य खड्डों व नालों से दूर रहने और अपने मवेशियों को भी दूर रखने की सलाह दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके

इसका उद्देश्य अभिभावकों को हर घर पाठशाला और ज्ञानशाला कार्यक्रम के बारे में जागरूक करना था